सीबीआई निदेशक पद से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आलोक वर्मा हटाये गये

देश भर के बारह हजार प्रतिनिधि होंगे शामिल प्रदेश के सभी जिलों में तेईस हजार से अधिक खोले गये नये आंगनबाड़ी केन्द्र

सुरक्षा के किये गये है कड़े इंतजाम केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार मामले को लेकर तबादला कर दिया गया है श्री वर्मा को दमकल सेवाओं सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स का महानिदेशक बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में इसका फैसला किया गया मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कहा है कि एम नागेश्वर राव सी बी आई के निदेशक के पद का कार्यभार देखेंगे गौरतलब है कि श्री वर्मा को पिछले साल अट्ठाईस अक्टूबर को अपने ही महकमे के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के साथ विवाद के बाद छुट्टी पर भेज दिया गया था बाद में श्री वर्मा ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसने सरकार के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सी बी आई निदेशक के पद पर बहाल कर दिया था वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका पर आज अपना फैसला सुना सकता है श्री अस्थाना ने न्यायालय में अर्जी देकर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है उनकी याचिका पर बीस दिसम्बर को न्यायाधीश नजमी वजीरी ने सुनवाई पूरी कर ली है अर्जी में श्री अस्थाना ने कहा था कि उनके खिलाफ मामले दुर्भावनापूर्ण और अवैध ढंग से दर्ज किए गए हैं उन्नीस सौ चौरासी बैच के गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना पर एक व्यापारी से दो करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है इस व्यापारी के खिलाफ मीट व्यापारी कुरैशी मामले में जांच चल रही है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ तीन तलाक को अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को फिर से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अध्यादेश में लगातार तीन तलाक देने को निष्प्रभावी और गैरकानूनी बनाया गया है इसके लिए तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हो रही है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बैठक का उद्घाटन करेंगे इस बैठक में देशभर से करीब बारह हजार पार्टी प्रतिनिधि भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैठक के समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे राज्य के सभी जिलों में तेईस हजार एकतालीस नये आंगनबाड़ी और सोलह सौ पचहत्तर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं जिससे महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में लगभग दस हजार सेविका और सहायिकाओं की नियुक्ति की जा चुकी है जबकि चौंतीस हजार की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उन्होंने कहा कि राज्य में अब लगभग एक लाख सोलह हजार केन्द्र हो गये हैं जिससे कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आसानी से हो गयी है पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल के महत्वपूर्ण हॉल्टों पर प्लेटफार्म बनाये जायेंगे इन प्लेटफार्मों की लंबाई तीन सौ मीटर तक होगी मंडल के डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकुर ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए राशि जारी कर दी गयी है उधर बरौनी कटिहार रेलखंड के कुरसेला और काढ़ा गोला रोड स्टेशनों के बीच ट्रेनों की रफ्तार अब सौ किलोमीटर प्रतिघंटे होगी पटना उच्च न्यायालय ने दो हजार दो सौ सत्तानवे पदों पर की जाने वाली अमीनों की बहाली प्रक्रिया को रदद कर दिया है न्यायालय ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग को नयी नियमावली बना कर नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है गुरू गोविंदसिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाश पर्व आज से शुरू हो रहा है इस मौके पर पटनासिटी स्थित तख्तश्री हरमंदिर से प्रभात फेरी निकाली जायेगी जिसका नेतृत्व पंच प्यारे करेंगे तीन दिवसीय प्रकाशोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

वहीं प्रकाशोत्सव को देखते हुए गंगा नदी पर बने पीपा पुल पर वाहनों के परिचालन को तेरह जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गयी है इसके साथ ही चौदह जनवरी की रात बारह बजे तक पटनासिटी में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रहेगी भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से तेरह जनवरी तक चलने वाला बौद्ध महोत्सव शुरू हो रहा है जिसमे देश विदेश के कलाकार भाग लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम चार बजे महोत्सव का उद्घाटन करेंगे इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहेंगे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के पटना गया और मुजफ्फरपुर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री डाक्टर हर्षवर्द्वन ने बताया कि देश की एक सौ दो शहरों में शुरू किये गये इस कार्यक्रम के लिए अगले दो साल में तीन सौ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए उपकरणों की स्थापना प्रदूषण के कारणों का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने जैसे कार्य शामिल किये गये हैं केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से थर्ड पार्टी बीमा के नये नियम को ट्रक बस और अन्य व्यवसायिक वाहनों पर लागू नहीं करने का निर्देश दिया है सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आरटीओ और यातायात पुलिस के थर्ड पार्टी बीमा के नाम पर व्यवसायिक वाहन मालिकों को परेशान किये जाने की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गयी है पूर्णिया जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र में भटोतर हाईस्कूल के निकट अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर अलग अलग सड़क हादसों में दो महिलाओं की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भरती कराया गया है पुणे में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जमुई के सुदामा यादव ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है उन्होंने पचहत्तर दशमलव चार शुन्य मीटर तक भाला फेंका वहीं आंध्र प्रदेश में खेली जा रही चौसठवीं राष्ट्रीय स्कूल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के अंडर फोर्टिन में बिहार ने महाराष्ट्र को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है उधर कूच विहार क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने मणिपूर को एक सौ पच्चीस रनों से पराजित कर दिया है इधर बिहार राज्य कबड्डी संघ ने चौदह से अठारह जनवरी तक खेलो इंडिया प्रतियोगिता में होने वाली स्पर्धा के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी है पटनासिटी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले में पांच भाइयों समेत सात लोगो को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है न्यायालय ने इन पर बीस बीस हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है राज्य के सरकारी स्कूलों की पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के डिग्रियों का फोल्डर निगरानी जांच में नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पंचानवे हजार से अधिक शिक्षकों के फोल्डर अभी भी निगरानी विभाग को नहीं मिले हैं अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच में आठ सौ शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी पायी गयी है जिसके बाद निगरानी ने नौ सौ इकसठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटाये जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पद से हटाये गये दैनिक जागरण ने जीएसटी खबर पर लिखा है मोदी सरकार ने छोटे और मझोले व्यापारियों को दिया बड़ा तोहफा दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीबीआई चीफ बहाली के चौवन घंटे बाद हटाये गये सीवीसी ने दस आरोपों में से चार सही माने प्रभाात खबर ने अयोध्या विवाद पर लिखा है बेंच से खुद हटे जस्टिस ललित मामले की अगली सुनवाई उनतीस को और अब अंत में मुख्य समाचार सीबीआई निदेशक पद से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आलोक वर्मा हटाये गये

देश भर के बारह हजार प्रतिनिधि होंगे शामिल प्रदेश के सभी जिलों में तेईस हजार से अधिक खोले गये नये आंगनबाड़ी केन्द्र

सुरक्षा के किये गये है कड़े इंतजाम